यह उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थितियों में देश की रक्षा की है रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यसो नायक थल सेनाप्रमुख जनरल बिपिन रावतवायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया और नौ सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में रास्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित थलसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में विजय स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए विजय दिवस समारोह के लिए कल मुक्ति योद्धाओं का एक दल बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचा थलसेना ने इस अवसर पर तीन दिन का समारोह आयोजित किया है

गौरतलब है कि किस्त भरने की समय सीमा पहले पंद्रह दिसम्बर तक थी यह निर्णय क्षेत्र में हाल ही में घटे घटनाक्रम के मद्देनजर लिया गया है डायरेक्ट टेक्स श्रृखला के तहत अग्रिम कर वित्तीय वर्ष में चार बार अदा किया जाता है

एक अपील में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर एक वर्ग राज्य के लोगो को गुमराह करने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऐसा कुछ भी नही करेंगे जो जनता के हितों के विरुद्ध हो श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान तलाशने को तैयार है

कार्यालय बैंक व्यापारिक प्रतिष्ठान फिर से खुल गये है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही चल रही है डिब्रगढ़ में भी दिन के कर्फ्यू में ढील दि गई है हालांकि इस महीने की बाईस तारीख तक कामरुप मैट्रो सहित कई इलाकों में स्कूल बंद हैं उधर मेघालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध कई दिनों के विरोध प्रदर्शनी के बाद राजधानी शिलांग में जन जीवन सामान्य हो रहा है

विभाग के अनुसार इससे आयकर सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आसानी से मिल सकेगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डीटी ने इस साल सितंबर को जारी आदेश में पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम समय सीमा तीस सितंबर से बढ़ाकर इकत्तीस दिसंबर कर दी थी पैन को आधार के साथ ऑनलाइन जोड़ने के लिए आयकर दाता को आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा आयकर विभाग ने पेन और आधार को जोड़ने के लिए एस एम एस आधारित सुविधा भी दी है आधार नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की और से भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है वही दस अंकों वाला पैन नंबर आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है

इस मुद्दे पर जिला प्रशासन ने एक पब्लिक नॉटिस जारी कर जनरल पब्लिक को एक समान ईंधन वितरित करने की सुनिश्चित करने को कहा डी टी ओ डी सी ऑफिस के वाहन पर्मिट के लिए सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक ईंधन जारी करने के लिए पेट्रोल पंप खुले रहेंगे गौरतलब है कि पेट्रोल डिपो से ईंधन जारी किए जाने को रिवाइज्ड किया गया है

उन्होंने बताया कि सेलिब्रेसन समिति पूर्वोत्तर के लोक कलाकारों को इस उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे है अरुणाचल के लुप्त हो रहे लोक संस्कृति को सुरक्षित संरक्षित और प्रचार करना इस फेस्टिवल का थीम है

याचिका में पुलिस द्वारा छात्रों पर कथित रुप से की गई गोलीबारी और कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की गई है इसमें घायल छात्रों को पर्याप्त चिकित्सा और मुआवजे की मंग भी की गई है

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को इस वर्ष फरवरी में ही अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होने का एहसास हो गया था और उसने ब्याज दरों में कटौती शुरु कर दी थी वे मुंबई में एक आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे